केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक एक करोड़ पांच लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक तिरसठ लाख दस हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये गए हैं देश में टीकाकरण अभियान सोलह जनवरी से शुरू किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है उन्होंने कहा कि इन लोगों को दूसरी खुराक तेरह फरवरी से दी जाएगी श्री भूषण ने बताया कि केवल चौबीस दिन में साठ लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है अमरीका को साठ लाख लोगों को कोविड टीके देने में छब्बीस दिन और ब्रिटेन को छियालीस दिन लगे थे इधर छत्तीसगढ़ में अब तक करीब एक लाख इकयासी हजार स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है प्रदेश में पहले चरण में दो लाख सड़सठ हजार लोगों का टीकाकरण किया जाना है वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दो सौ पैंसठ नये मामले सामने आए वर्तमान में चार हजार एक सौ नब्बे मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है उधर राजनांदगांव जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर आईपी सोनी की कोरोना संक्रमण से मौत होने की खबर है उनका इलाज एम्स रायपुर में चल रहा था

राज्य स्तरीय ऑडिट समिति के सदस्य डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि सर्दी खांसी बुखार आदि के लक्षण आने पर लोगों को तुरंत कोरोना जांच करानी चाहिए इससे रिकवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है उन्होंने लोगों को मान्यता प्राप्त चिकित्सकों से इलाज कराने की सलाह दी है इस बीच रायपुर जिला कलेक्टर एस भारतीदासन ने कोचिंग सेंटर तथा लाइब्रेरी को फिर से खोलने संबंधी आदेश जारी किए हैं इन संस्थानों को कोविड नियमों का पालन करना होगा केंद्रीय जल शक्ति केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने कहा है कि जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के लिए वित्त वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस में बजट परिव्यय बढ़ाकर नौ हजार बाईस करोड़ रुपये कर दिया गया है पिछले वर्ष यह सात हजार दो सौ बासठ करोड़ रुपये था श्री कुमार ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस बार के बजट में अटल भूजल योजना के लिए तीन सौ तीस करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के लिए नौ हजार नो सौ चौरानवे करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं जबकि अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वच्छता के लिये तेरह हजार चार सौ सत्तर करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है राज्यपाल गृहमंत्री मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सौजन्य मुलाकात की इस दौरान श्री शाह ने सुश्री उइके से कहा कि वे प्रदेश के आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक दौरा करें और यह देखें कि उनके लिए बनाई गई शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने श्री शाह को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया और माओवाद समस्या सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर उनसे चर्चा की राज्यपाल ने श्री शाह को कोरोना काल में लिए गए उनके निर्णयों और पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया इस मौके पर सुश्री उइके ने श्री शाह को कोरोना काल में किए गए कार्यो पर आधारित पुस्तिका कोरोना काल में राज्यपाल की भूमिका भेंट की वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्तीय शिक्षा से संबंधित संदेशों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इन दिनों वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में रायपुर स्थित रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ कल स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया इस सप्ताह की थीम ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से ऋण है यह वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के उद्देश्यों में से एक है वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन बारह फरवरी तक किया जाएगा बोर्ड परीक्षा बोनस अंक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष होने वाली कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में बोनस अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा यह निर्णय मंडल की साधारण सभा की बैठक में लिया गया है अब तक बोनस अंकों को शामिल करते हुए प्रावीण्य सूची तैयार की जाती थी गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए दसवीं और बारहवीं बोर्ड के छात्रों को बोनस अंक प्रदान किए जाते हैं साधारण सभा में लिए गए निर्णय के मुताबिक अब प्रावीण्य सूची में अंक नहीं जोड़े जाएंगे लेकिन अंकसूची में बोनस अंक जोड़कर सूची जारी की जाएगी सीए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के चार छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की चार्टर्ड एकाउंटेंट सीए के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है इनमें सरगुजा जिले के गोधनपुरी निवासी अनुराग बखला जशपुर जिले के ग्राम दुलदुला निवासी दयानंद भगत कोंडागांव जिले के केशकाल निवासी लोचन प्रसाद और धमतरी के पारितोष सोनकर शामिल हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सभी छात्रों को उनकी सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

सुनवाई के दौरान नगर निगम ने अदालत से एक हफ्ते का समय और देने की मांग की है इस मामले में अब अगली सुनवाई तेईस फरवरी को होगी गौरतलब है कि अरपा नदी के आसपास अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट में अर्पण महाभियान समिति की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी इसमें नदी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने तथा भौगोलिक संतुलन बिगड़ने का आरोप लगाया गया था थल सेना भर्ती रैली दुर्ग जिले में आगामी तीन से बारह मार्च तक भारतीय थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा यह भर्ती रैली शहर के रविशंकर स्टेडियम में होगी इस रैली में प्रदेशभर के हजारों युवा शामिल होंगे इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने एक बैठक आयोजित कर युवाओं के ठहरने खाने पीने और परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं प्रतिभागियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही सुविधा केन्द्र भी बनाया जाएगा महासमुंद पथराव महासमुंद जिले के ग्राम नर्रा में शराब और गांजा तस्करी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया इस हमले में कुछ जवानों को चोटें आई हैं पुलिस ने इस मामले में तेरह ग्रामीणों के खिलाफ बलवा का जुर्म दर्ज किया है बताया जाता है कि बीते सितंबर माह में भी नर्रा में शराब और गांजा तस्करी में शामिल आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया था उस वक्त आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे करीब चार माह बाद पुलिस दोबारा इन आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो ग्रामीणों ने कोमाखान थाना का घेराव करने की कोशिश की और पुलिस पर हमला कर दिया बहमूल्य रत्न आरोपी गिरफ्तार महासमुंद जिले की साइबर पुलिस ने बहुमूल्य रत्नों की तस्करी कर ज्वेलरी दुकानों में बेचने के इरादे से घूम रहे एक आरोपी को बसना से गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी को पास से बासठ प्रकार के करीब दो हजार छह सौ नग बहुमूल्य रत्न बरामद किए गए हैं जिसकी कीमत करीब एक करोड़ रूपये बताई गई है उन्होंने बताया कि यह आरोपी उत्तरप्रदेश का रहने वाला है अब्ञझमाड़ पीस मैराथन नारायणपुर जिले में स्थित अब्झमाड़ में आगामी सत्ताईस फरवरी को तीसरी अब्झमाड़ पीस हाफ मैराथन आयोजित की जाएगी अब तक साढ़े तीन हजार से अधिक धावकों ने अपना पंजीयन कराया है मैराथन दौड़ में महिला और पुरूष वर्ग के लिए अलग अलग पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे मैराथन दौड़ में शामिल होने के इच्छुक प्रतिभागी पच्चीस फरवरी तक अपना पंजीयन करा सकते हैं मौसम प्रदेश में हवा की दिशा बदलने से अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है इससे ठंड में कमी आएगी वहीं अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम शुष्क और आकाश साफ रहेगा

इस दौरान वे पेण्ड्रा में बीस करोड़ तिरसठ लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान ने आज बिलासपुर जिले के रतनपुर में पांच प्रकरणों की सुनवाई की

सरगुजा जिले के मैनपाट में आगामी बारह से चौदह फरवरी तक मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा इस महोत्सव में देश प्रदेश के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी

उन पर कथित रूप से दो पत्रकारों को एक करोड़ चालीस लाख रूपये देने का आरोप है

इसके तहत मुख्य रूप से बैंक के ग्राहकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है

एक से नौ मार्च तक दावा आपत्ति किए जा सकते हैं

उनके पास से करीब छह लाख रूपये का सामान भी बरामद किया गया है